इन संगठनों से लघु छोटे और भूमिहीन किसानों को एकजुट करने में मदद मिलेगी ताकि वे प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट बीज उर्वरको और कीटनाशकों सहित अपेक्षित वित्तीय साधनों की कमी जैसे मुद्दों से सामूहिक रूप से निपट सकें कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि ये किसान उत्पादन संगठन किसानों के जीवन में क्रान्तिकारी बदलाव लायेंगे श्री तोमर ने कहा कि पधानमंत्री इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी सौंपेंगे

श्री तोमर ने कहा कि फिलहाल देश के छह करोड़ पचास लाख लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने कल राजभवन में आयोजित कार्यशाला में कहा कि आध्रनिक शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते आर्थिक दखल पर नियंत्रण किया जाना बहुत जरूरी है इसके लिये नई सोच के साथ नीति बनाने की पहल की जानी चाहिये राज्यपाल ने कहा कि दुनिया में भारतीय ज्ञान परम्परा की साख है इसे बनाये रखते हुए शिक्षा प्रणाली को नया स्वरूप दिया जाना चाहिये उन्होंने फादर ऑफ सर्जरी सुश्रत गणितज्ञ आर्यभट्ट और अर्थशास्त्री चाणक्य का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की इन हस्तियों को आज भी दुनिया मानती है इस अवसर पर भोज मुक्त विश्वविद्यालय और महाराज छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय के बीच पारस्परिक सहयोग के लिये एमओयू साइन किया गया कमलनाथ मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कल इंदौर के राऊ क्षेत्र में किसानों को फसल ऋण माफी प्रमाण पत्र सौंपते हुए कहा कि ऋण माफी से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है

साथ ही किसानों के लिये खेती किसानी पर आधारित शुभ लाभ खेत कुंडली एप का शुभारंभ किया और दो किसानों को डीबीटी योजना में अनुदान पर ट्रेक्टर की चाबी सौंपी

ऊर्जा मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर खेरली चिन्नोनी चम्बल और निरार माता पर तीन विद्युत उपकेन्द्र लगाये जाने की घोषणा भी की लोकार्पण लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कल देवास शहर में अमृत योजना के अंतर्गत सूत्र सेवा बसों का लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि इस बस सेवा से देवास शहर को ग्रामीण अंचलों से जोड़ा जायेगा यात्रियों को कम किराये पर परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जायेगी श्री वर्मा ने कहा कि इस सेवा के माध्यम से शहर और गाँव के बीच की दूरियाँ मिटेंगी मिशन इन्द्रधनुष सघन टीकाकरण अभियान मिशन इन्द्रधनुष का चौथा चरण खंडवा जिले में सोमवार से शुरू हो रहा है

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ डीएसचौहान द्वारा बच्चों के माता पिता व उनके परिजनों से अपने बच्चों को समय पर टीके लगवाने की अपील की है

इसमें खरगोन के अलावा धार खंडवा बुरहानपुर और बड़वानी जिले के भी हजारो किसान भागीदारी करेंगे और मिर्च के स्टाल लगा कर निवेशको को लुभाएंगे

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ग्राम पंचायत के सचिव सहायक सचिव एवं हैंडपंप मैकेनिक एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिभागियों को जानकारी दी गई

यूनिसेफ के नागेश पाटीदार व शाश्वत नायक द्वारा कार्यशाला में जल जीवन मिशन में समुदाय की सहभागिता के बारे में ट् वे कम्युनिकेशन से प्रस्तुति एवं जल जीवन मिशन की जानकारी उपलब्ध करवाई गई खेलो इंडिया भुवनेश्वर में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्यप्रदेश ने महिला हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है इस प्रतियोगिता में ग्वालियर की आईटीएम यूनिवर्सिटी की महिला हॉकी टीम ने यह पदक अपने नाम किया

इसमें कॉर्न सिटी विषय पर पेटिंग प्रतियोगिता और महात्मा गांधी के प्रिय भजन का सामूहिक गान शामल है